सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सत्य की जीत बताया

वहीं कोविड के दिशा निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था भी की गई है

इसी तरह उम्मीद्वार के साथ पांच के बजाय सिर्फ दो लोग ही जा सकेंगे उधर खंडवा जिले के मांधाता में निर्वाचन संबंधी कार्यालय अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे

रायसेन में चुनाव के मद्देनजर संपत्ति विरूपण अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिये सभी थानों में विशेष दस्ते तैनात किये गये हैं समर्थन मूल्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जोर शोर से शुरू कर दी है

मूल्य समर्थन योजना के अनुसार कृषि उपज के प्रस्ताव मिलने पर विभिन्न अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी खरीफ फसलों की खरीद की मंजूरी दी गई है प्रादेशिक समाचार समय आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले दोपहर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया जा रहा है

वहीं कल से हमारे नियमित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण पुनः शुरू हो रहा है

कल ग्वालियर जिले की चिट्ठी प्रसारित की जाएगी

पोषण माह प्रदेश में मनाया जा रहा पोषण माह आज समाप्त हो गया महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में महिलाओं किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों के लिये महीने भर पोषण संबंधी विविध गतिविधियां संचालित की गई कटनी में पोषण माह के अंतिम दिन आज आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्नेह सरोकार कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें जनप्रतिनिधि शासकीय सेवकों एवं समृद्ध लोगों द्वारा कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया

टीम ने सीहोर इछावर और आष्टा के एक दर्जन गाँवों में खराब हुई फसलो का निरीक्षण किया वहीं एक दल ने रायसेन में फसलों के नुकसान का जायजा लिया